उन्होंने कहा कि गांधी जी जीवन शैली के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास करते थे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आयुर्वेद और योग के महत्व को दर्शाने वाले अनेक प्राचीन ग्रंथ मौजूद हैं योग के विकास और इसे बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान करने वालों को योग पुरस्कार प्रदान करते हुए नई दिल्ली में आज श्री मोदी ने कहा कि वे स्वयं योग और आयुर्वेद को पूरी तरह अपना रहे हैं उन्होंने कहा कि यह विचित्र संयोग है कि फिट इंडिया अभियान शुरू होने के अगले दिन ही वे आयुष और योग से जुड़े कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं

प्रधानमंत्री ने हरियाणा में दस आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों का शुभारंभ भी किया

इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य पोषक भोजन और स्वस्थ्य जीवन शैली अपनाकर स्वास्थ्य देखभाल के प्रति समाज को सजग तथा सक्षम बनाना है प्रारम्भिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए औषधीय पौधों के उपयोग पर भी बल दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष के पद को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचें

प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक उनके पक्ष में अभियान चला रहे हैं वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता असलम शेर खान राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनका कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिये चेहरे से ज्यादा पार्टी में एकता की जरूरत है

यह जानकारी सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कल सातवें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के समापन के अवसर पर दी उन्होंने यह भी कहा कि अगले दो महीने के भीतर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लोक संपर्क और संचार ब्यूरो रेडियो के लिए विज्ञापन की दरों में वृद्धि करेगा जो हाल ही में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए की गई बढ़ोतरी की तर्ज पर होंगी

आईटीसी कंपनी इसके लिए प्रदेश में अगरबत्ती की काड़ी बनाने का संयंत्र स्थापित करेगी इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा मुख्यमंत्री कमल नाथ ने इस बारे में कल मंत्रालय में आईटीसी कंपनी के चेयरमेन संजीव पुरी और सीईओ चितरंजन दास के साथ चर्चा की मुख्यमंत्री ने कहा कि अगरबत्ती के लिए उपयोग होने वाली काड़ी के लिए प्रदेश के बिगड़े वनों का उपयोग कर बाँस की खेती को बढ़ावा दिया जाये मौसम विदिशा में बारिश होने से बाढ़ की रिथति बन गई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि रात भर से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है निचली बस्तियों में पानी भर जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आज तेज बारिश के कारण जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है वहीं सागर जिले में भारी बारिश से नदी के किनारे खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचा है उधर रायसेन जिले में भोपाल सागर मार्ग बंद हो गया है गैरतगंज और बेगमगंज के बीच कहुलापुल पर भी पानी है

सर्वाधिक वर्षा मंदसौर जिले में और सबसे कम वर्षा सीधी जिले में दर्ज की गई है

समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होंगे